राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर बढ़ती महंगाई बेरोजगारी व अन्य समस्याओं से निपटने में विफल रहने का लगाया आरोप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

आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज दो अत्याध्रनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोकार्पण करते हए उन्होंने कहा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय आयुष मंत्रालय और अन्य विभागों से आग्रह किया कि वे भारत में पैदा होने वाली कई जडी बूटियों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करें उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से संबंधित समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास से स्वास्थ्य और आरोग्य से जुडे पर्यटन को बढावा मिलेगा

कांगड़ा ज़िला के पपरोला में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य व आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो हज़ारों वर्षो से मानवता की सुरक्षा करती आ रही है लाहौल स्पीति ज़िले के केलंग में इस अवसर पर निशुल्क आयुर्वेदिक शिविर आयोजित किया गया उधर सोलन में आयुर्वेद दिवस के मौके पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सहित जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई श्भकामनाएं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि प्रकाश का ये पर्व खुशी व प्रसन्नता तथा बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है उन्होंने आशा जताई है कि दीपावली का ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने श्भकामना संदेश में उम्मीद जताई है कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा और आपसी स्नेह और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा

इस बीच स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के टूटीकंडी में बालिका आश्रम का दौरा किया और बच्चों को मिठाईयां बांटीं मुख्यमंत्री ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशवासियों से स्थानीय उत्पादों के उपयोग के आहवान को आश्रम के बच्चों ने मोमबत्तियां बनाकर सार्थक किया है इस अवसर पर आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री को उनके द्वारा बनाई गई मोमबत्तियां भी भेंट की कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आत्मनिर्भर भारत के तीसरे पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और रोजगार के नए अवसर सुजित होंगे

सैजल स्वास्थ्य व आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कृतसंकल्प है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कंदराल के मैगजीन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही

इस अवसर पर उन्होंने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर राज्य में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी व अन्य समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है आज शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को इन समस्याओं को निपटाने की दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुज़र रही है और सरकार के पास इससे उभरने के लिए कोई योजना नहीं है इस बीच प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश में बस किराए बिजली व पानी की दरों और पेट्रोल डीज़ल तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के मूल्यों को तत्काल कम करने का आग्रह किया धनतेरस देश सहित प्रदेशभर में आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है इस दिन धातुओं से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि की पूजा अर्चना की जाती है प्रदेश भर के बाजारों में इस अवसर पर खूब रौनक देखी गई और लोगों ने आभूषणों व बर्तनों की जमकर खरीददारी की

ग्रीन दिवाली प्रदेश में दीपावली पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है शिमला में भी खरीददारी के लिए खासी भीड़ उमड़ रही है हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने लोगों से कोरोना के मद्देनज़र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना करने का आह्वान किया है

दुर्घटना शिमला ज़िले में ननखरी तहसील के चमाडा गांव में आज सुबह एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो युवतियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हुए हैं मृतकों की पहचान चमाडा निवासी दो सगी बहनों विद्या दत्ता व अंजली दत्ता के रूप में हुई है घायलों को रामपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में दाखिल किया गया है

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक खेल मनोरंजन सामाजिक धार्मिक राजनीतिक व अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे और इन नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी